प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर इस साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किये उन्होंने कहा कि चार दिन बाद यह साल बीतने वाला है इस साल कई चुनौतियां और संकट आए लेकिन हमने नया सामर्थ्य पैदा किया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पर काफी संकट आये दुनिया में सप्लाई चेन में बाधाएं भी आयीं लेकिन हमने हर संकट का हिम्मत से सामना किया है प्रधानमंत्री ने कोरवा भाषा का शब्दकोश लिखने वाले झारखंड के गढ़वा जिले के हीरामन कोरवा का भी जिक किया

उन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वारियर्स का सम्मान किया था एकजुटता दिखायी थी उसे भी कई लोगों ने याद किया है श्री मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गुंज रहा है

उनके लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है श्री मोदी ने कश्मीर के केसर की चर्चा करते हुए कहा कि आपको यह जानकर खुशो होगी कि कश्मीरी केसर को जी आई टैग का सर्टिफिकेट मिलर्ने के बाद दुबई के एक सुपर मार्केट में इसे लांच किया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें यह सोचना होगा कि समुद्र तटों और पहाड़ों पर ये कचरा कैसे पहुंचता है आखिर हम में से ही कई लोग ये कचरा वहां छोड़कर आते होंगे हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम कचरा फैलाएंगे ही नहीं उन्होंने कहा कि हमें देश को सिंगलयूज प्लास्टिक से मुक्त करना ही है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

श्री पोखरियाल ने हाल ही में बताया था कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के बाद ऑफ लाइन तरीके से आयोजित की जाएंगी

इस नई पहल से सुविधापूर्ण यात्रा और गतिशीलता में वृद्धि के नए युग की शुरुआत होगी चालक रहित मेट्रो ट्रेन पूरी तरह स्वचालित होगी जिससे मानवीय भूल की संभावना समाप्त हो जायेगी मेजेंटा लाइन पर जनकप्री पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन के बीच इस चालक रहित मेट्रो चलने के बाद अगले वर्ष के मध्य तक पिंक लाइन पर भी इसी प्रकार की मेट्रो ट्रेन चलाए जाने की संभावना है प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन करेंगे देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका उपयोग कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे

इस अवसर पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है

कार्यक्रम में तीन हजार लोगों के शामिल होने का अनुमान है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

प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या एक लाख तेरह हजार नौ सौ चौवन हो गई है एक सौ उनासी संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं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 प्रदेश में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर संतानवें दशमलव सात शून्य प्रतिशत है जबकि देश में कोरोना संकमितों के स्वस्थ होने की दर पंचानवें दशमलव आठ शून्य प्रतिशत है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

यह संख्या कुल संक्रमितों का दो दशमलव सात सात प्रतिशत है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

भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने चार और रविचंद्रन अश्विन ने तीन खिलाड़ियों को आउट किया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

एडीलेड में पहले दिन रात के टेस्ट मैच में आठ विकेट से हारने के बाद भारत श्रृंखला में एक शून्य से पीछे है